हत्या के विरोध में ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन

स्वच्छता ही सेवा अभियान कल से पूरे देश में शुरू किया जा रहा है यह अभियान दो अक्टूबर को गांधी जयंती तक चलेगा इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों को साकार करने के लिए लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना है दो अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे और गति प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया गया है अक्टूबर दो हजार चौदह में शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन से उनतालीस प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित हुए थे जबकि अब लक्ष्य का बानवे प्रतिशत पूरा हो चुका है अब तक उन्नीस राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश खुले में शौचमुक्त घोषित किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के पन्द्रह से अधिक स्थानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरूआत करेंगे श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे इस अभियान का हिस्सा बनें और स्वच्छ भारत का सूजन करें प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अभियान के दौरान स्वच्छता सभाएं सेवा दिवस रेलवे स्वच्छता दिवस और अन्त्योदय दिवस सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे देश के विभिन्न स्थानों पर स्कूली बच्चों द्वारा स्वच्छता रैलियां आयोजित की जायेंगी देश की दो लाख पचास हजार ग्राम पंचायतों में स्वच्छता सभाएं और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे पेयजल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर ने कहा है कि दो हजार चौदह में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के शुरू होने के बाद देश की बानवे प्रतिशत से अधिक आबादी स्वच्छता अभियान के दायरे में आ चुकी है स्वच्छता ही सेवा अभियान की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के साथ एक विशेष भेंटवार्ता में श्री अय्यर ने बताया कि जल और स्वच्छता के बीच तालमेल बनाने के वास्ते कई कदम उठाए गए हैं

टॉयलेटस तो बने है साढ़े आठ करोड़ टॉयलेट बने है लेकिन उनका उपयोग भी हो रहा है यह हमको कांफिडँस देता है कि जो बिहेव्यिर चेंज का कैम्पेन है वो सक्ससफुल रहा है

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज होने के तुरंत बाद अब पीड़िता के पति और उसके ससुराल वालों की गिरफ्तारी हो सकती है मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने आज अपने ही पूर्व के फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए परिजनों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा समाप्त कर दी दहेज उत्पीड़न मामले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि पीड़िता की सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है खंडपीठ ने कहा कि मामले की शिकायत की जांच के लिए परिवार कल्याण कमेटी की जरूरत नहीं है पुलिस को यदि जरूरी लगता है तो वह आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर सकती है आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत का विकल्प खुला है

उन्नीस सौ उनचास में आज के ही दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विभिन्न विभागों मंत्रालयों और कार्यालयों के प्रमुखों को हिंदी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडु ने कहा हिन्दी के बगैर हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाना संभव नहीं है श्री नायड्र ने कहा कि सबको अपनी मातुभाषा से प्रेम होना चाहिए

सभी भाषा सीखना चाहिए बोलना चाहिए मगर सबसे पहले मातुभाषा भारतीय भाषा अपना भाषा सीखना चाहिए अपना भाषा बोलना चाहिए समारोह की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिन्दी देश को जोड़ती है श्री सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में हिन्दी के प्रति आकर्षण बढ़ा है

माइक्रोसॉफ्ट और फेसब्रक भी इसको बढ़ावा दे रही है हिंदी को बढ़ावा देने के पीछे आर्थिक दृष्टि काम करती है उन्होंने समझ लिया है कि भारत और भारतीयता से प्रभावित लोगों के बीच अपने उत्पाद को यदि हमें स्थापित करना है तो हिंदी को अपनाना ही होगा

बिहार हिन्दी ग्रंथ आकादमी पटना में इस अवसर पर आयोजित समारोह में हिन्दी के महत्व पर चर्चा की गयी पटना स्थित आकाशवाणी दूरदर्शन और पत्र सूचना कार्यालय में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जदयू इस बार लोकसभा चूनाव में नये चेहरों पर दांव आजमायेगा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आर सी पी सिंह ने आज पटना में बताया कि चुनाव में यूवा और नये उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोलह सितम्बर को राज्य कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जायेगी राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि एनडीए के घटक दल जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा आम सहमति और सम्मानजनक तरीके से शीघ्र हो जायेगा केन्द्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी सर्किट और रामायण सर्किट को मंजूरी दी है पर्यटन सचिव रश्मि वर्मा ने बताया कि मोतिहारी सहित गांधी जी से जुड़े अन्य स्थानों को गाँधी सर्किट में शामिल किया जायेगा वहीं रामायण सर्किट की तीन योजनाओं में बिहार के समस्तीपुर और बक्सर शामिल होंगे मिशन इंद्रधन्ष कार्यक्रम जच्चा और बच्चा के लिए वरदान साबित हो रहा है

इसके चलते उनके बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गया था यह कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं के लिए भी काफी उपयोगी है

उनके घरों या फिर नजदीकि आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह सुविधा प्रदान की जाती है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गया में पितृपक्ष मेला की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की श्री कुमार ने देव घाट और सूर्यकुंड का भी निरीक्षण किया इसके बाद मुख्यमंत्री ने मगध प्रमंडल आयुक्त कार्यालय परिसर में अमर शहीद जगदेव प्रसाद और प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री उपेन्द्र नाथ वर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि कल प्रदेश के सभी प्रखंडों में किसान क्रेडिट कार्ड कैंप का आयोजन किया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि इसमें किसानों को फसल ऋण कृषि यंत्रों पर ऋण किसान क्रेडिट कार्ड डेयरी और मुर्गीपालन समेत अन्य कृषि आधारित व्यवसायों के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जायेगा गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के कपरपुरा मोड़ के पास अपराधियों ने भटियानी नैन पंचायत की मुखिया नीलम देवी के पति उपेन्द्र सिंह कुशवाहा की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस सूत्रों ने बताया कि दो मोटरसाइकिलों पर आये चार अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और मीरगंज थाने के आगे नारेबाजी की निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज जमुई जिले के सिकंदरा के बाल विकास परियोजना कार्यालय के दो कर्मियों को घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है

प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने किया वहीं सीतामढ़ी के डुमरा जानकी स्टेडियम में जिला स्तरीय तरंग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के ड्मरी मोड़ के पास एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के टॉलप्लाजा के पास आज तड़के एक यात्री बस के पलट जाने से एक किशोरी की मौत हो गयी और सात अन्य घायल हो गये बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी संतोष चौधरी को गिरफ्तार किया है जहानाबाद जिले के परसबिगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत दरधा नदी के किनारे बीस से अधिक शराब फैक्ट्रियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया

हत्या के विरोध में ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन